सम्मेलन में अफगानिस्तान पर प्रमुखता से की जायेगी चर्चा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार तनाव समाप्त करने और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में फिर से विश्वास जगाने का किया आहवान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी बांदा इलाहाबाद समेत कई जिलों में तापमान में हो रही है लगातार बढ़ोत्तरी भारत ने कहा है कि शुक्रवार को किर्गीस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में आतंकवाद उग्रवाद और बहुदेशीय आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर बैठक में भाग लेने के लिए ब्रहस्पतिवार को बिश्केक पहुंचेंगे पश्चिमी देशों के मामलों से संबद्ध सचिव ए गितेश सरमा ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबयों की स्थापना के लिए शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावी मंच है उन्होंने कहा कि इस संगठन में भारत सहित आठ देश शामिल हैं और यह विश्व की करीब बयालिस प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है सरमा ने कहा कि इस शिखर बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति षी चिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दिवपक्षीय बैठकें भी होंगी उन्होंने यह भी बताया कि शिखर बैठक में अन्य देशों के अतिरिक्त अफगानिस्तान पर प्रमुखता से बातचीत की जाएगी एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खॉन के बीच बातचीत की कोई योजना नहीं है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुक्त व्यापार के लिए काम करने के प्रति वचनबद्व है उन्होंने कहा कि भारत ऐसा मुक्त व्यापार चाहता है जो लोगों को समृद्व तथा खुशहाल बनाने के लिए समावेशी और विकास केंद्रित हो पीयूष गोयल ने जापान के सुकुबा में व्यापार और डिजीटल अर्थव्यवस्था पर जी बीस देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अलग से कई देशों के मंत्रियों से ट्विपक्षीय बातचीत की पीयूष गोयल ने जापान अमेरीका ब्रिटेन चीन फ्रांस सिंगापुर कनाडा ऑस्टेलिया और यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारतीय उत्पादों के लिए उसी तरह बाजार सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई जिस तरह की सुकिधा भारत इन देशों के उत्पादों को दे रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सभी देशों की सहमति से नियम आधारित बहुफ्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास पैदा करने और व्यापार टकराव समाप्त करने की आवश्यकता बताई दोपहिया वाहनों के लिए भारत मानक छ कल जारी किये गये अंतर्राष्ट्रीय स्वचालित प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक दिनेश त्यागी ने नई दिल्ली में बीएस छः मानक के लिए भारत का पहला अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से देश में इस मानक का पालन करने वाले वाहनों की ही बिक्री और पंजीकरण होगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान वर्ष दो हज़ार उन्नीस के लिये चुना गया है यह सम्मान राष्ट्रवादी सर्जकों और सनातन प्रज्ञा को अपने जीवन का पाथेय बना कर राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने वालों को दिया जाता है श्री दीक्षित को यह सम्मान आगामी बाईस जून को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में वहां के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की मौजूदगी में प्रदान किया जायेगा जाने माने फिल्म तथा रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का कल सवेरे लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे उन्नीस सौ इकसठ में प्रकाशित नाटक ययाति से चर्चा में आए कर्नाड को अपार ख्याति मिली उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ कालीदास सम्मान पद्मश्री और पद्मश्रषण सम्मानों से अलंकृत किया गया था श्री कर्नाड का कल देंगलुरू में उनके परिजनों और मित्रों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गिरीश कर्नाड के निधन पर दुख व्यक्त किया है रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि कर्नाड के निधन से सांस्कृतिक दुनिया को बहुत क्षति पहुंची है नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि गिरीश कर्नाड को उनके बहुमुखी प्रतिमा के लिए हमेशा याद किया जाएगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गिरीश कर्नाड के निधन पर कहा कि गिरीश कर्नाड के निधन से वे बहुत दुखी हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाम जुरूरतमंदों तक पहंचाने का निर्देश दिया है श्री मौर्य कल कृशीनगर में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ इन योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उप मुख्यमंत्री ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया समीक्षा बैठक में स्थानीय सांसद विजय दुबे और विधायकगण मौजूद थे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है बन्देलखंड और पूर्वाचल के कई जिलों में लोग गर्मी और उमस की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं बांदा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां उन्चास दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि इलाहाबाद दूसरा ऐसा स्थान है जहां अड़तालिस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया है जबकि झांसी में अड़तालिस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस तापमान रहा बन्देलखंड क्षेत्र गर्मी से सबसे ज्यादा प्रमावित है झांसी हमीरपुर और उरई सहित अन्य जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिसकी वजह से इन स्थानों पर जलस्तर गिरने से पानी का संकट और गहराता जा रहा है

दिन चढ़ते ही लोग घरों में छिपने को मजबूर हो जाते है और दोपहर में सड़के और बाजारों में बीरानी छा जाती है भीषण गर्मी के कारण पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और कई जगह ताल तलैया सुख गए हैं जिसके कारण सिर्फ मनृष्य की नहीं पश् पक्षी भी बूरी तरह प्रभावित है कई जनपदों में जिला प्रशासन ने गर्मी से बचने के लिए एज्वाइजरी जारी की है और इसके लिए लोगों में पर्च बांटे जा रहे है मौसम विमाग राज्य में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है वहीं अगले दो दिनों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आधियां और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव उधर पूर्वांचल के मऊ जिले में भी लोग गर्मी से परेशान हैं यहां तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज़ गर्मी से कोई राहत न मिलने की संभावना जताई है हालांकि अगले दो दिनों के दौरान कही कही गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है स्वाधीनता संग्राम सेनानी समाजवादी नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय गौरीशंकर राय की छियानबेवीं जयंती कल बलिया में उनके पैतुक गांव करनई में मनायी गयी इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बलिया के सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने कहा कि स्वर्गीय गौरी शंकर राय अपने समय में सदन तथा सदन से बाहर भी खेती तथा ग्रामीण विकास को लेकर संघर्षरत रहे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राय के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विचार आज भी प्रासंगिक हैं इस अक्सर पर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया कार्यक्रम की अध्यक्षता पण्डित रामविचार पाण्डेय ने किया तथा वीरेन्द्र राय ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया प्रदेश में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में पन्द्रह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये हैं इटावा में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मृत्यु हो गई और छह लोग घायल हो गये यह हादसा कल जिले के बलरई रेलवे स्टेशन पर हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्घटना पर गहरा दुःख जाहिर किया है और अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया है उधर अमरोहा के गजरौला इलाके में गंगा में नहाते समय सात युवक डूब गये इनमें से चार युवकों की मृत्यु हो गई जबकि एक युवक को बचा लिया गया है दो अन्य युवकों की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही है चित्रकूट ज़िले की मऊ तहसील के भुसौली गांव में सुबह यमुना नदी में स्नान करने गये तीन बच्चों की डुबने से मौत हो गई